आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाला दशक युवाओं का दशक होगा

प्रदेश में शीतलहर का दौर जारी

कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे स्वदेशी की भावना को अपनाकर स्थानीय रूप से बने उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता दें ताकि इससे स्थानीय लोगों के जीवन में ख्शहाली आए

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी राष्ट्र की प्रगति और विकास में उत्पेरक की भूमिका निभाएगी श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले दशक में भारत की प्रगति और विकास में इक्कीसवीं सदी में जन्मे नौजवानों का भरपूर योगदान रहेगा उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्र आज अपने नौजवानों की बदौलत नई ऊंचाइयों को छूने की प्रतीक्षा कर रहा है प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि नए दशक में युवाओं की सामूहिक शक्ति से देश का अधिक विकास होगा उन्होंने कहा कि जेन नेक्स के नाम से प्रसिद्व हमारी नौजवान पीढ़ी भारत के आध्निकीकरण में अहम भूमिका निभाएगी श्री मोदी ने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी को अराजकता से नफरत है और वह अव्यवस्था तथा अस्थिरता को भी बर्दाश्त नहीं करती

राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में बारह जनवरी को मनाई जाने वाली स्वामी विवेकानंद जयंती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर सभी युवाओं को अपनी जिम्मेदारियों के बारे में चिंतन करना चाहिए

प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं ने समाज को एकजुट करने में भी नए कीर्तिमान बनाए हैं और लोगों को ऐसा करने की प्रेरणा भी दी है जनता के साथ भावनात्मक संपर्क कायम करते हए श्री मोदी ने बिहार के बेतिया में के आर हाई स्कूल के पूर्व छात्रों के संगठन संकल्प पनचान्नबे का उल्लेख किया इस संगठन ने जनता के लिए निशुल्क जन स्वास्थ्य शिविर का सफल आयोजन किया उनका यह प्रयास एक मिसाल बनकर सामने आया है प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में हिमायत नाम के कौशल विकास कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भी बड़ा लोकप्रिय हुआ है और इसके अंतर्गत पिछले दो सालों में अट्ठारह हजार नौजवानों को सत्रह अलग अलग व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया गया है केन्दीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्व है कि अर्द्धसैनिक बलों के प्रत्येक जवान को प्रतिवर्ष सौ दिन अपने परिवार के साथ बिताने का अक्सर मिले कल नई दिल्ली में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने यह बात कही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष दो हजार बाईस तक किसानों की आय को दोगुना करने के संकल्प में किसान उत्पादक संगठनों और बैंकिंग संस्थाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है श्री योगी ने कहा कि किसान उत्पादक संगठन बेहतर विपणन के माध्यम से किसानों के उत्पादों को बाजार में अच्छा दाम दिला सकते हैं मुख्यमंत्री कल गोरखपुर में नाबार्ड द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय किसान उत्पादक संगठनों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर प्रदेश में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कृषि उत्पादक संगठनों को सम्मानित भी किया गया प्रदेशमर से आए किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन वर्ष पहले तक प्रदेश में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य एक हजार चार सौ रुपए था जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बढ़ाकर एक हजार आठ सौ पैंतीस रुपए किया उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने धान खरीद केंद्रों पर किसानों के खातों में सीधे भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जिससे किसानों को लाभ हुआ मुख्यमंत्री ने किसानों को जैविक खेती के लिए भी प्रेरित किया मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अधिक से अधिक किसान उत्पादक संगठनों के गठन पर बल दिया कार्यक्रम को प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी संबोधित किया उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नागरिकता कानून पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश मे प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता देने के लिए संशोधित किया गया है इसका उद्देश्य किसी समुदाय की नागरिकता छीनना नहीं है वह कल मिर्जापुर में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर में मीडिया से कहा कि नागरिकता संशोधन कानून से देश में रह रहे मुसलमानों को डरने की जुरूरत नहीं है

वहीं सिद्वार्थनगर में जनपद स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित गोष्ठी में प्रदेश के कैंबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने नागरिकता कानून का जिक्र करते हुए लोगों से विपक्षी दलों के भ्रामक प्रचार में न आने का आहवान किया आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचारों की नई श्रृंखला जानना जरूरी है में हम आज रूबरू हैं नागरिकता संशोधन कानून के बारे में फैले एक और भ्रम तथा उसकी वास्तविकता से नागरिकता संरोधन कानून का यह अर्थ भी कतई नहीं है कि पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अलावा अन्य देशों में धार्मिक आधार पर मेदभाव का सामना कर रहे हिन्द्र भी नागरिकता कानून के अंतर्गत भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं बल्कि उन्हें हमारे देश की नागरिकता लेने के लिए सामान्य प्रक्रिया से गुजरना होगा इसके लिए उन्हें या तो पंजीकरण कराना होगा अथवा नागरिकता हासिल करने के लिए आवश्यक समय भारत में गुजारना होगा नागरिकता कानून होने के बाद भी द सिटीजनशिप एक्ट उन्नीस सौ पचपन के तहत उन्हें कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है राज्य में बहराइच सबसे सर्द स्थान रहा जहां न्यूनतम तापमान तीन दशमलव दो डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मुजफ्फरनगर जिले में पारा तीन दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा जबकि राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान छः दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम था घने कोहरे से हवाई रेल और सड़क यातायात भी प्रमावित हुआ है मौसम विभाग ने इकत्तीस दिसम्बर से दो जनवरी के बीच कई स्थानों पर हत्की बारिश होने का भी अनुमान व्यक्त किया है शीतलहर के मददेनजर गोरखपुर मैनपुरी बलिया सिद्दार्थनगर समेत कुछ अन्य जनपदों में स्कूलों और कॉलेजों को एक जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं